कई नदियों में बाढ़ के कारण प्रदेश के पांच सौ बयासी गांव प्रभावित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली दो हजार तीन सौ किलोमीटर लंबी समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का कल शुभारंभ किया उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इसे राष्ट्र को समर्पित किया श्री मोदी ने समय से पहले इस परियोजना के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक हर क्षेत्र की दिल्ली से और दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर जन हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बने हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा पर बसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो साथियों अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से र्जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लीविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्वता का प्रतीक है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अंडमान और निकोबार के लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस का उपहार है इससे द्वीप समूह में पर्यटन को बढावा मिलेगा अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्टों को भी मिलेगा बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी ट्ररिस्ट डेस्टीनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता होती है पहले देश और दुनिया के दूरिस्टों को मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का कम होना बहुत अखरता था अपने परिवार से अपने विजनेस से एक प्रकार से उसका निरंतर संपर्क कट जाता था अब ये कमी भी खत्म होने वाली है और जब लोग ज्यादा रूकेंगे अंडमान निकोबार के समंद्र का वहां के खान पान का आनंद लेंगे तो रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीप समूह वाले राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा को तेजी से मजबूत करने का संकल्प दोहराया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से अंडमान और निकोबार के निवासियों को डिजिटल इंडिया योजना के सभी लाभ मिल पायेंगे श्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना से समुद्र से जूडे देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हाथी दिवस दो हजार बीस की पूर्व संध्या पर कल हाथियों के संरक्षण के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में एक दस्तावेज का विमोचन किया उन्होंने मनुष्यों तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति के बारे में एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया इस अवसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है जिसमें न सिर्फ पश्ओं से प्रेम किया जाता है बल्कि उनकी हत्या करने को अश्भ माना जाता है श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में चारा और पानी की उपलब्धता बढाने की पहल की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कोविड अस्पतालों में गुणवत्ता परक चिकित्सा व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार इन अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की जाये उन्होंने एल टू और एल थ्री कोविड अस्पतालों में बेड़स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जिन मेडिकल कॉलेजों में कोविड चिकित्सालय स्थापित किये गये हैं वहां की व्यवस्थाओं की मॉनीटरिंग के लिये एक नियंत्रक अधिकारी नामित किया जाये मुख्यमंत्री ने कानपुर तथा लखनऊ में कोरोना पर नियंत्रण करने में जिलाधिकारियों के सहयोग के लिये विशेष सचिव स्तर के दो दो अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिये इसके अलावा वाराणसी प्रयागराज बरेली और गोरखपुर में भी एक एक विशेष सचिव स्तर का अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए स्थायी प्रणाली तथा अनुमान और चेतावनी की प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल के उद्देश्य से सभी केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया है श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश असम बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की इस दौरान देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसुन और मौजूदा बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम विभाग और केन्द्रीय जल आयोग जैसी अनुमान लगाने वाली एजेंसियां बाढ़ के बेहतर और ज्यादा उपयोगी अनुमानों के लिए ठोस प्रयास कर रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र विशेष के लिए समय से चेतावनी देने की प्रणाली में निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि विशेष क्षेत्र के लोगों को नदी तटबंध टूटने जल भराव के स्तर और बिजली गिरने जैसी किसी भी खतरनाक स्थिति के मामले में समय से चेतावनी दी जा सके श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि कोविड स्थिति के मद्देनजर बचाव कार्य जारी रहने के दौरान राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग चेहरे को ढकने हाथ धोने और पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसी सभी स्वास्थ्य सावधानियों का पालन करें उन्होंने कहा कि हाथ धोने का सामान सैनिटाइजर और फेस मास्क को भी राहत सामग्रियों में शामिल किया जाना चाहिए प्रदेश के मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया प्रधानमंत्री के साथ वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ हई बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाढ प्रभावित इलाकों में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यो के बारे में उन्हें जानकारी दी

नेपाल से आने वाली चार प्रमुख नदियां घाघरा राप्ती शारदा और गंडक रूफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं तेज बहाव के चलते आजमगढ़ मऊ और गोंडा जिलों में तीन स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए थे लेकिन उनकी मरम्मत कर ली गई है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कल बाईस लाख पार कर गई कल बासठ हजार चौंसठ लोगों में संक्रमण की पृष्टि हुई लगातार चौथे दिन साठ हजार से अधिक लोग संक्रमित हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या चौवालिस हजार तीन सौ छियासी हो गई पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग पचपन हजार लोग इस संक्रमण से ठीक हुए देश में अब तक पन्द्रह लाख पैंतीस हजार से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं संक्रमण से स्वस्थ होने की दर उन्हत्तर दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो गई है इस संक्रमण से मृत्यु दर घटकर करीब दो प्रतिशत रह गई है इस समय करीब छह लाख पैंतीस हजार मरीजों का इलाज चल रहा है प्रदेश भर में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है लोगों ने अपने घरों में झांकियाँ सजाई हैं जहां मध्यरात्रि को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव कल मनाया जाएगा नदगांव में कान्हा का जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है मथुरा जिले में आज से लेकर तेरह अगस्त तक श्रद्वालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है